मुठभेड़ जवान शहीद बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए वहीं एक ग्रामीण महिला की भी मौत हो गई जबकि एक छात्रा घायल हुई है पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आज सुबह सीआरपीएफ के जवान भैरमगढ़ साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे इसी दौरान माओवादियों ने एंब्श लगाकर जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी इस हमले में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो अन्य जवानों की इलाज के दौरान मौत हो गई माओवादी घटनास्थल से शहीद जवान के एके सैंतालीस हथियार और वायरलेस सेट लेकर फरार हो गए घटना की सुचना मिलते ही भैरमगढ़ थाना से तत्काल बैकअप पार्टी भेजी गई इसी दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच क्रॉस फायरिंग में बाजार से लौट रही महिला भी गोलीबारी की शिकार हो गईं जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई

सीआरपीएफ के आईजी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया इस बीच घटनास्थल से तीन आईईडी बरामद किया गया जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी हमले की कड़ी निंदा की है उन्होंने मुठभेड़ में शहीद जवानों और एक ग्रामीण की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के घायल होने की खबर है पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्रियां बरामद की हैं मोहन मरकाम अध्यक्ष कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष होंगे आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि श्री मरकाम भूपेश बघेल की जगह लेंगे श्री बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी श्री मरकाम लगातार दो बार से विधायक हैं और वे कांग्रेस संगठन में कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर वर्तमान में वे एआईसीसी के सदस्य हैं एक राष्ट एक राशन कार्ड केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना बना रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डो के अंतरण से लाभार्थियों खासकर प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देशभर में आसानी से मिल सकेगा

सुराजी गांव एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पुरातन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन मिलेगा

और रोजगार श्री बघेल कल रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बनाए जा रहे गौठानों का निर्माण समय सीमा में गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित हो सके इसके लिए जनप्रतिनिधि गौठानों का नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग करें बैठक में बताया गया कि नई सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया है स्कूल शैक्षिक कैलेंडर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए शिक्षा सत्र के लिए वार्षिक शैक्षिक कैलेण्डर का निर्धारण कर दिया गया है इसके तहत कक्षावार पाठ्यक्रम को दस इकाइयों में विभाजित कर हर माह की इकाई की पढ़ाई पूरी करते हुए फरवरी माह के पहले सप्ताह तक पाठ्यक्रम पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है इसके बाद सम्पूर्ण पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति की जाएगी और अप्रैल माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में वार्षिक परीक्षा अथवा राज्य स्तरीय आंकलन का आयोजन किया जाएगा

श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम होगा मन की बात के उनतालीसवें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में स्वच्छ भारत और कचरा मुक्त भारत के लिए संघर्ष किया था हरियर छत्तीसगढ़ अभियान हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में सात करोड़ तेरह लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है राज्य की पांच प्रमुख नदियों इंद्रावती अरपा खारून शिवनाथ और सकरी के किनारे छह सौ तैंतीस हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों का रोपण किया जाएगा इसमें फलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी राज्य के पांच सौ चौरानवे नदी नालों के किनारे लगभग तेईस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण किए जाएंगे इसके अलावा राज्य के प्रमुख और बड़ी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं आईआईएम ट्रिपल आईटी चिकित्सा महाविद्यालय कैम्पस बस्तर राजनांदगांव और जंगल सफारी सहित सभी नगरीय निकायों के प्रमुख उद्यानों में भी पौध रोपण किए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में आयोजित हरियर छत्तीसगढ़ पौधरोपण कार्यक्रम की बैठक में यह जानकारी दी गई मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पौधों को अनुकूल वातावरण मिल सके बीज वितरण राज्य सरकार द्वारा खरीफ मौसम के लिए किसानों को उनकी मांग के अनुरूप अब तक चार लाख पैंतीस हजार क्विंटल से अधिक उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को सभी जिलों की सहकारी समितियों के माध्यम से धान मक्का कोदो कुटकी रागी अरहर उड़द मूंग कुल्थी सोयाबीन मूंगफली आदि प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है कार्यशाला सराहना छत्तीसगढ़ में रूर्बन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में हो रहे अधोसंरचना विकास और रोजगारमूलक कार्यो की तारीफ की कार्यशाला में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुई इस मौके पर क्लस्टरों के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान की प्रक्रिया और प्रगति के बारे में जानकारी दी गई कार्यशाला में देशभर के अस्सी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और दो सौ पचहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया अतिथि शिक्षक बस्तर और सरगुजा संभाग में संचालित हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्तर के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने तक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था आगामी तीस जुलाई तक की जाएगी इन संभागों के शासकीय शालाओं के अंग्रेजी गणित भौतिक रसायन जीव विज्ञान और वाणिज्य विषय में एक हजार आठ सौ पचयासी तथा माडा पॉकेट क्षेत्र में संचालित स्कूल में छह सौ इकतीस पद रिक्त हैं निर्धारित मानदंड के अनुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था शाला प्रबंधन विकास समिति द्वारा की जाएगी अतिथि शिक्षक को हर महीने अट्ठारह हजार रूपये का मानदेय दिया जाएगा रिक्त पदों का विज्ञापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड होना जरूरी है मुख्यमंत्री विद्यार्थी मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बर्घेल से माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के छू लो आसमान योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए क्वालीफाई करने वाले चार विद्यार्थियों ने कल मुलाकात की मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को एनएमडीसी की ओर से सवा सवा लाख रूपये का चेक प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं

इस मौके पर कल राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का विषय है सतत् विकास लक्ष्य